नकद भुगतान नहीं किया जाएगा स्वीकार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यो की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रखेंगे यह कार्यक्रम महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे प्रदेश सरकार ने महाराजा सुहेलदेव की जयंती को भव्य रूप से मनाने की घोषणा की है प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे वे इस क्षेत्र के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी स्मारक स्थल के विकास से लोगों को महाराजा सुहेलदेव की वीर गाथाओं को और बेहतर ढंग से जानने का अवसर मिलेगा इस पूरी परियोजना में महाराजा सुहेलदेव की एक अश्वरोही प्रतिमा की स्थापना करना और कैफेटेरिया गेस्ट हाउस तथा बच्चों के पार्क जैसी विभिन्न पर्यटक सुविधाओं का विकास करना शामिल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्य बनाए रखते हुए इसे नई पहचान देगी मथुरा वृंदावन में कल चार सौ ग्यारह करोड़ रूपए लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व में कहीं और ब्रज क्षेत्र जितनी प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत नहीं है उन्होंने कहा कि सरकार आस्था के इस केंद्र को वैश्विक पटल पर स्थापित करेगी और विकास परियोजनाओं के जरिये यहां के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराएगी उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले तीन वर्षों में इस दिशा में कई कदम उठाए हैं जिनके परिणाम भी अब दिखायी देने लगे हैं मुख्यमंत्री ने ब्रजवासियों को वैष्णव कुंभ की बधाई देते हुए कल से शुरू हो रही वैष्णव कुंभ मेला बैठक को भव्य और दिव्य बनाने का आह्वान किया इस दौरान मुख्यमंत्री ने व्रदावन में यमुना आरती की और श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वामी ज्ञानानंद महाराज और अनेक धर्माचार्यो के साथ मुलाकात कर ब्रज क्षेत्र के विकास की रूपरेखा पर चर्चा की प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में नियमित कक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि शिक्षण के दौरान कॉलेजों में कोविड नाइन्टीन से सम्बंधित समी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होगा इससे पूर्व कन्टेंनमेंट जोन से बाहर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में तेईस नवम्बर से विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ शिक्षण कार्य चल रहा है विश्वविद्यालय प्रबंधन को कक्षाओं का नियमित रूप से सैनिटाइजेशन करना होगा साथ ही विद्यार्थियों को मास्क पहनना और दो गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखना भी अनिवार्य होगा प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल लखीमपुर खीरी में श्रम विभाग के तीन हजार आठ सौ चौवालिस लाभार्थियों को दो करोड़ इक्कीस लाख अस्सी हजार रूपये की धनराशि वितरित की इस दौरान अपने संबोधन में उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प के साथ काम कर रही हैं उन्होने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं को पहुंचाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए श्रम विभाग कई योजनाए संचालित कर रहा है श्री मौर्य ने कहा कि श्रमिक अपना पंजीयन कराकर इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष अक्टूबर से इस वर्ष मार्च तक निःशुल्क पंजीयन व नवीनीकरण की व्यवस्था जारी है उन्होने कामगारों से जनसुविधा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन कराने का आह्वान किया उत्तराखंड में चमौली जिले में रैणी गांव तथा तपोवन स्थित एन टी पी सी परियोजना स्थल पर आई बाढ में लापता लोगों को निकालने का काम जारी है बचाव दलों ने कल तेरह शव निकाले जिनमें से सात रैणी गांव के पास से और छह तपोवन की सुरंग से निकाले गए अब तक इक्यावन शव निकाले जा चुके हैं और करीब एक सौ तिरपन लोग अभी भी लापता हैं देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज मध्य रात्रि से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा और नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि यह व्यवस्था टोल प्लाजा पर शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने प्रतीक्षा समय को घटाने ईंधन की बचत करने और यात्रियों को टोल प्लाजा से आसानी से निकलने की सुविधा के लिए की गई है राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम दो हजार आठ के अनुसार यदि कोई वाहन बिना फास्टैग के किसी टोल प्लाजा से गुजरता है तो उसे निर्धारित शुल्क से दोगुना भुगतान करना पडेगा मंत्रालय एम और एन श्रेणी के वाहनों में इस वर्ष पहली जनवरी से फास्टैग अनिवार्य कर चुका है एम श्रेणी में यात्री वाहनों को रखा गया है जबकि एन श्रेणी में माल ढ्लाई वाले वाहन आते हैं ऐसे वाहनों में कुछ व्यक्ति भी यात्रा कर सकते हैं

श्री सहगल कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए कृत संकल्य है और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के मुताबिक उनकी फसल को खरीदे जाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है इस क्रम में सरकार द्वारा अभी तक छः सौ पचपन लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है जो पिछले साल के मुकाबले लगभग डेढ़ गुना अधिक है श्री सहगल ने कहा कि धान क्रय केन्द्रों पर किसी तरह की लापरवाही या अनियमितता की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे मुख्यमंत्री श्री योगी के निर्देश पर सभी जिलाधिकारियों से धान क्रय केन्द्रों का लगातार सत्यापन अनुश्रवण और औचक निरीक्षण करने को कहा गया है

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण के एक सौ तीस नये मामले सामने आये हैं जबकि इस दौरान एक सौ छप्पन मरीज स्वस्थ हुए सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कल लखनऊ में बताया कि प्रदेश में कोविड से ठीक होने वालों की दर अट्ठानबे प्रतिशत से अधिक है राज्य में कोविड नमूनों की जांच का कार्य भी तेजी से जारी है कल एक दिन में एक लाख इक्कीस हजार चार सौ चालीस नमूनों की जांच की गयी

श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश में आठ लाख नब्बे हजार स्वास्थ्य कर्मियों तथा फ्रंट लाइन कर्मियों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कल बरेली में आला हज़रत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया उत्तर रेलवे द्वारा संचालित इस ट्रेन को अपग्रेड किया गया है ताकि आम नागरिकों को कोरोना काल में सुरक्षित सफर की सुविधा मिल सके रेलगाड़ी के डिब्बों का नवीनीकरण करने के साथ साथ इसमें सेनिटाइजर और सोप डिस्पेंसर की व्यवस्था भी की गई है इस अवसर पर श्री गंगवार ने कहा कि ट्रेनों का संचालन पुनः सामान्य हो रहा है और जल्द ही अन्य पैसेंजर ट्रेनें भी पहले की तरह चलना शुरू हो जायेंगी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ज्वाला प्रसाद यादव का कल जौनपुर में निधन हो गया वह उन्हत्तर वर्ष के थे और लम्बे समय से बीमार थे स्वर्गीय यादव जिले की मछली शहर विधानसभा सीट से चार बार विधायक रहे राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामगोबिन्द चौधरी सहित कई नेताओं ने स्वर्गीय यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया